विधानसभा चुनाव नामांकन पत्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अट्ठारह सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज दो प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इनमें दंतेवाड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में छबिन्द्र कर्मा और बीजापुर में संतोष पुनेम ने समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इसके साथ ही विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे है शेष निर्वाचन क्षेत्रों से कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया गौरतलब है कि पहले चरण की अट्ठारह सीटों के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख तेईस अक्टूबर है सुब्रत साहू बस्तर दौरा विधानसभा चुनाव में सुकमा जिले के दुर्गम क्षेत्रों में चालीस मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान केन्द्रो तक पहुंचाया जाएगा इन इलाकों में पहले चरण के लिए बारह नवंबर को वोट डाले जाएंगे यह जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने नारायणपुर बीजापुर और सुकमा जिले में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान दी श्री साह ने निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेकर मतदान मतगणना मतदाता सूची मतदाता जागरूकता कार्यक्रम निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली साथ ही उन्होंने तीनों जिलों में मतदान केन्द्रों स्ट्रांग रूम नियंत्रण कक्ष और मतगणना स्थल का भी निरीक्षण किया श्री साहू ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का जिम्मेदारी से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने सुरक्षा बलों की तैयारियों की समीक्षा के दौरान स्थानीय पुलिस बल और बाहर से आ रहे सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बनाकर सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए कहा

निर्वाचन आयोग खर्च सीमा निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा अट्ठाईस लाख रुपये तय कर दी है चुनाव खर्च से संबंधित निर्देशों से उम्मीदवारों को अवगत कराने के लिये हरसम्भव उपाय किए गए हैं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव संबंधी व्यय के लिए उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने बताया कि उम्मीदवारों को उनके मौजूदा या पुराने बैंक खातों के माध्यम से चुनावी खर्च करने की अनुमति नहीं होगी उम्मीदवारों को यह पृथक बैंक खाता नामांकन जमा करने से कम से कम एक दिन पहले खोलना होगा वहीं चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद तीस दिन के भीतर उम्मीदवारों को अपना निर्वाचन संबंधी समस्त लेखा जोखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा

निर्वाचन आयोग विज्ञापन नियम निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान होने के अड़तालीस घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक प्रसारण माध्यमों में विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं इससे टेलीविजन रेडियो सिनेमा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से विज्ञापन प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल मीडिया प्रमाणन समिति से प्रमाणित कराने के बाद ही विज्ञापन का प्रसारण कर सकेंगे आयोग ने यह भी कहा है कि प्रत्याशी अथवा दल मतदाताओं को प्रभावित करने वाले विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकते हैं इन विज्ञापनों में किसी विश्लेषक भागीदार द्वारा अपने मत अथवा विचारों से मतदाता को प्रभावित करने वाली अपील परिचर्चा दृश्य अथवा ध्वनि शामिल हैं आयोग की ओर से इस तरह के प्रसारण को अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करने वाले माध्यम पर जुर्माना या सजा का प्रावधान भी किया गया है आयोग ने प्रिंट माध्यमों के लिए भी रिपोर्टिंग के लिए नियम निर्धारित किए हैं इनका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी टिफिन जब्त प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस विभिन्न स्थानों पर वाहनों की तलाशी अभियान चला रही है इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के हीरापुर इलाके में उड़न दस्ते की टीम ने टिफिन से भरे एक ट्रक को जब्त किया साथ ही टिफिन रखने के लिए बनाए गए गोदाम को भी पुलिस ने सील कर दिया है पुलिस इस मामले में संबंधित पक्षों से पुछताछ कर रही है वहीं मुंगेली जिले में भी एक ट्रक से टिफिन बरामद किए गए है यह रायपुर से लोरमी के लिए रवाना हुई थी

आज मंदिरों और दुर्गा पंडालों में मां दुर्गा के नौवें रूप सिद्दीदात्री की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है महानवमीं के अवसर पर शक्तिपीठों देवी मंदिरों और घरों में बालिकाओं को कन्याभोज कराया गया इसके साथ ही जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है वहीं द्र्गा पंडालों में स्थापित देवी प्रतिमाओं का विसर्जन कल से शुरू होगा कल ही देवी मंदिरों में स्थापित ज्योतिकलश और जवारे का विसर्जन भी किया जाएगा नवरात्र के दौरान विभिन्न मंदिरों और दुर्गोत्सव समितियों द्वारा जसगीत और जगराता का आयोजन भी किया जा रहा है नवरात्रि पर्व के समापन के साथ ही कल दशहरा मनाया जाएगा प्रदेशभर में इस पर्व के लिए रावण मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन की तैयारियां की जा रही है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विजयादशमी की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने प्रदेश के सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अपने संदेश में कहा है कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है भगवान श्रीराम के जीवन का प्रत्येक क्षण हमें एक आदर्श जीवन जीने की सीख देता है राहुल गांधी दौरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी बाईस अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं उनके आगमन को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तैयारियां की जा रही है अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राहुल गांधी राजधानी रायपुर के साईस कालेज मैदान में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित करेंगे स्वीप कार्यक्रम राजनांदगांव जिले में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत जिला प्रशासन ने डोंगरगढ़ बम्लेश्वरी मंदिर की पहाड़ी के शिखर में बड़ा बलून लगाया है इसके जरिए लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है वहीं रायगढ़ जिला यातायात पुलिस के जवानों ने आवाज जरूरी है अभियान के तहत मतदान करने का संकल्प लिया इस दौरान फुटबॉल मैच गोल टू वोट का आयोजन किया गया इसमें इक्कीस साल से अधिक आयु वर्ग के मतदाता और वरिष्ठ मतदाताओं की टीम के बीच मैच खेला गया इधर बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामचन्द्रपुर विकासखण्ड में भी मतदाता जागरुकता अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली निकली इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिव अनंत तायल ने महाविद्यालयीन छात्र छात्रओं को मतदान करने की शपथ दिलाई दर्घटना बालोद जिले में आज सुबह हए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य लोग घायल हो गए इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है मिली जानकारी के अनुसार चारपहिया वाहन में सवार होकर कुछ लोग भिलाई से चित्रकोट जा रहे थे इसी दौरान बालोद धमतरी मुख्य मार्ग पर झलमला और देवारभाट के पास उनका वाहन पेड़ से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया इस हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई वहीं पांच अन्य लोग घायल हो गए